ये फोर्स लॉकडाउन को चरणबद्व तरीके से हटाने और कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था पर पडने वाले दुष्प्रभाव को कम करने के लिए काम करेगी कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने आवास पर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की इसमें प्रदेश में लॉकडाउन से आगे की रणनीति पर काम करने पर विचार विमर्श किया गया

ये टास्क फोर्स लॉकडाउन हटाने के बारे में सुझाव देगी दूसरी टास्क फोर्स मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार अरविंद मायाराम की अध्यक्षता में गठित की गई है जो कोरोना से प्रभावित राज्य की अर्थव्यवस्था को सुधारने की रणनीति पर काम करेगी मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों में कोरोना संकमण की स्थिति की समीक्षा भी की उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बेसहारा और जरूरतमंद लोगों को राशन और खाद्य समग्री की आपूर्ति में किसी प्रकार की बाधा ना आये

तबलीगी जमात में हिस्सा लेकर आये प्रदेश के विभिन्न जिलों के लोगों में भी संकमण सामने आ रहा है और इस वजह से भी मरीजों की संख्या तेजी से बढ रही है

श्री शर्मा ने कहा कि स्वास्थ्यकर्मियों से दुर्व्यवहार करने पर सख्त कार्रवाई होगी

उन्होंने कहा कि संक्रमण फैलाना किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा

पहले से सील किये गये टोंक और दौसा को जोडने वाले मुख्य राजमार्गो की तरह अन्य मार्गो पर भी चेकपोस्ट बनाकर स्वास्थ्य जांच शुरू कर दी गई है

यहां दिल्ली के तबलीगी जमात के कार्यक्रम में हिस्सा लेकर आये एक व्यक्ति में कोरोना की पुष्टि हुई है

भरतपुर जिला कलक्टर ने एक आदेश जारी कर जिले के रूस्तमपुर और पहाडी गांव में कर्फ्यू लगा दिया गया है इन दोनों जगहों पर कोरोन पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद ये कदम उठाया गया है

ब्रूंदी में पुलिस ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले दो युवकों को गिरफ्तार किया है सीकर के नीम का थाना में लॉकडाउन के दौरान मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए लोगों को बुलाने पर एक मोलवी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है एक दूसरे मामले में विधायक सुरेश मोदी को कोरोना पीडित बताने की अफवाह फैलाने वाले एक युवक को भी गिरफ्तार किया गया है

बीकानेर में जिला कलक्टर कुमार पाल गौतम ने कोलायत उपखण्ड क्षेत्र का दौरा कर लॉकडाउन की स्थिति की समीक्षा की

इधर टोंक में कोरोना को लेकर व्यापक स्तर पर सर्वे और स्क्रीनिंग का काम चल रहा है

जालोर जिले में कोरोना संक्रमण का एक भी मामला नहीं है प्रशासन की ओर से एहतियात बरते के साथ ही दान दाताओं और सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से जरूरतमंदों को खाने के पैकेट बांटे जा रहे है